उन्होंने कहा कि किसानों को इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसे हटाया जा रहा है कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार किसानों की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान जल्द ही अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल में बाहर से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट नहीं होंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने का मुख्य कारण शादी सहित अन्य सामाजिक समारोहों में बरती गई ढील है

प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण पाने के वरिष्ठ चिकित्सकों को भी रोटेशन के आधार पर कोरोना वार्ड में अपनी सेवाएं देने के निर्देश दिए गए हैं मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपलों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं स्वास्थ्य सचिव अमिताम अवस्थी ने बताया कि ड्यूटियां समाप्त होने के उपरांत ये डॉक्टर होम आइसोलेट होंगे उसके बाद दूसरे सीनियर डॉक्टर सेवाएं देंगे नर्सें और पैरा मेडिकल स्टाफ भी रोटेशन में कोविड वार्ड में मरीजों को सेवाएं प्रदान करेंगे

कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए जिला प्रशासन ऊना की टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन वरदान साबित हो रही है हेल्पलाइन के माध्यम से जहां प्रशासन को मरीजों से फीडबैक मिल रही है वहीं वह अपनी परेशानियां भी साझा कर रहे हैं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय में तैनात एक टीम प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम सात बजे तक होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को कॉल कर उनसे कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछती है स्वास्थ्य विभाग प्रत्येक मंगलवार तथा शुक्रवार को डीडीएमए को सूची प्रदान करता है जिसके बाद कॉलिंग की जाती है उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन कोरोना संक्रमितों की हर संभव मदद का प्रयास कर रहा है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है चार माह से बसे नहीं हो रहीं सैनिटाइज कोरोना का खतरा बढ़ा पंजाब केसरी की सुर्खी है मंडी के चुल्ला प्रोजैक्ट के एमडी दिनेश चौधरी संस्पैंड प्रदेश उच्च न्यायालय से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है जमानती को श्योरिटी बांड या राशि जमा करने का विकल्प मिले

दिव्य हिमाचल ने खबर दी है शादी समारोंहों के लिए परमिशन अब ऑनलाइन मौसम से जुड़ी खबर पर दैनिक जागरण लिखता है मौसम ने बदली करवट बारिश हिमपात का दौर होगा शुरू अमर उजाला का शीर्षक है अटल टनल के नार्थ पोर्टल समेत सूबे की ऊंची चोटियों पर हिमपात

बिना तंत्र के एक दिन का वर्क फॉम होम बना अवकाश दिवस अमर उजाला की एक खबर है दिव्य हिमाचल के शब्द हैं दफ्तर सुनसान ओकओवर से चली सरकार शनिवार को वर्क फॉम होम से कामकाज पर असर सिर्फ अस्पताल रहे खुले अमर उजाला लिखता है आईसीआर के वैज्ञानिकों ने विकसित की रोग रहित सेब किस्म आपका फैसला के अनुसार कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते वीरभद्र सिंह ने परिवार सहित छोड़ा हॉलीलाज अखबार की एक अन्य खबर है अटल टनल रोहतांग से अब रात को भी होगी वाहनों की आवाजाही रोक हटी

नमस्कार